मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को पूरी सक्रियता से संचालित करते हुए आगामी पांच फरवरी तक हेल्थ वर्कस का टीकाकरण कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि हेल्थ वर्कस के टीकाकरण के पश्चात अभियान के आगामी चरण में कोरोना फ्रंट लाइन वर्कस का वैक्सीनेशन किया जाये मूख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के अन्तर्गत सभी कार्रवाई केन्द्र सरकार की गाइड लाइस और मानको के अनुसार की जाये प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र योजना के संचालन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने जन औषधी केन्द्र योजना को विस्तार प्रदान करने के निर्देश दिये

सरकार ने टीकाकरण के लिए सप्ताह में दो दिन गुरूवार और शुक्रवार निर्धारित किये हैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने मीडिया को बताया कि प्रदेश में आज स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया और कल भी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाया जायेगा

प्रदेश में अब छह हजार दो सौ तीस कोरोना के सक्रिय मामले हैं उन्होंने बताया कि विगत चौबीस घंटे में तीन सौ अस्सी लाग कोरोना से स्वस्थ हो गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक वाहन मैन्यूफैक्चरिंग नीति को और आकर्षक एवं व्यवहारिक बनाये जाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि नीति को और प्रभावी बनाने के लिये इसके अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहनों के प्रावधान किये जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के लिये अनुकूल होने की वजह से भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन बढ़ाना होगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश के इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की व्यवस्था पार्किंग एवं पेटोल पम्प आदि स्थलों पर की जाये मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन के समय ई रिक्शा का रूट तय किये जाने एवं निर्धारित संख्या में सवारी बैठाने के निर्देश दिये राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने आज राजभवन में नारी बंदी निकेतन कारागार से रिहा होने वाली चौबीस महिला कैदियों को साड़ी शाल और मिठाई भेंट की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कारागार में महिला कैदियों ने जो हुनर सीखें हैं उससे अपना और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करें

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार हुनरमंदों के लिये कई योजनाएं चला रही है जिनका लाभ उठाकर महिलाएं अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने में सहायता कर सकती है दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर निकाली गई झांकियों में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर नामक झांकी को राज्य और केन्द्र शासित श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है इस बार परेड में उत्तर प्रदेश की ओर से राम मंदिर मॉडल की झांकी प्रस्तुत की गई थी केन्द्रीय युवा एवं खेल मंत्री किरन रिजिजू ने प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार प्रदान किया प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नवनीत सहगल सूचना निदेशक शिशिर और उनकी टीम ने नई दिल्ली में पुरस्कार ग्रहण किया उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट के निर्माणाधीन न्य् टर्मिनल बिल्डिंग और टर्मिनल के कार्य प्रगति की समीक्षा कर स्थलीय निरीक्षण किया इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है इसके विकास से प्रदेश का विकास जुड़ा है उन्होंने कहा कि चकेरी एयरपोर्ट का निर्माण काय जल्द पूरा करना और देश के महत्वपूर्ण शहरों के साथ इसकी कनेक्टिविटी बनाना सरकार की प्राथमिकता है

संसद का बजट सत्र कल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ श्रू होगा वित्त मंत्री निर्माला सीतारामन कल आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत करेंगी

देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कागज रहित पेश होन वाला यह पहला बजट होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है ताकि ससंद के सदस्यों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से सुलभ हो सकें

ऐप में डाउनलोड प्रिंट करने जैसी अनेक सुविधाएं है ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध होगा तथा एंडॉयड और आईओएस प्लेटफार्म से डाउनलोड किया जा सकता है

इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने विकसित किया है पहली फरवरी को वित्तमंत्री का बजट भाषण पूरा होने के बाद बजट दस्तावेज मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे

श्री सहगल कल लखनऊ में लेदर पार्क की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि लेदर पार्क की डीपीआर केन्द्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग को भेज दी गई है स्वीकृति प्राप्त होते ही मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड कंपनी वहां विकास का कार्य शुरू कर देगी श्री सहगल ने बताया कि कानपुर के रमईपुर गांव में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है यह देश का पहला लेदर पार्क होगा

घने कोहरे और बर्फीली हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है आज दोपहर बाद धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत महसूस हुई लेकिन शाम होते ही ठंडी हवाओं ने मौसम को सर्द कर दिया है चित्रकूट जिल में कल न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सुबह घना कोहरा छाये रहने का अनुमान जताया है उधर कृषि वैज्ञानिकों ने इस मौसम को फसलों के लिये फायदेमंद बताया है इस बार अधिक सर्दी पड़ने से पीलीभीत सहित प्रदेश भर में गेहूं की अच्छी पैदावार होने की संभावना जताई जा रही है पेश है एक रिपोर्ट हांड कंपाती सर्दी भीषण कोहरा और पाला पड़ने से जनजीवन भले ही अस्तव्यस्त है लेकिन इसका लाभ गेहूं की फसल को मिल रहा है

जितने लंबे समय तक सर्दी होती है उतना ही गेहूं की अच्छी पैदावार होती है और गेहूं में अच्छे कल्लों का विकास होता है जो किसान भाई इस समय अपने खेतों में गेहूं की देखभाल कर रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि यूरिया की आपूर्ति करते रहें एवं जिन खेतों में जिंक की कमी हो उसमें जिंक और यूरिया का घोल बनाकर स्प्रे कर दें ताकि अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके अनुकूल मौसम और किसानों की मेहनत के साथ जिलाधिकारी पुलकित खरे के निर्देश पर उर्वरक और माइनरों में सिंचाई हेतू समय से पानी की उपलब्धता ऐसे कारक हैं जो निश्चित ही गेहूं का उत्पादन बढ़ाएंगे सतीश मिश्र आकाशवाणी समाचार पीलीमीत

ये दिशा निर्देश पिछले चार महीने से कोविड महामारी से लड़ाई में उपलब्धि को और सदृढ़ बनाने के लिए जारी किए गए हैं दिशा निर्देशों के अनुसार महामारी पर पूरी तरह काबू पाने तक सावधानी बरतने और निगरानी नियंत्रण तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है